विकास को बढ़ावा देने के लिए वे उद्योग जगत किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से जानकारी प्राप्त करेंगी वित्तमंत्री अगले वर्ष एक फरवरी को दूसरा बजट संसद में पेश करेंगी वे स्टार्ट अप फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसी नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों से भी विचार विमर्श करेंगी

इससे आयकर सेवाओं के लाभ उठाए जा सकेंगे

पैन को ऑनलाइन आधार से जोड़ने के लिए आयकरदाता को ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा

आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया है

इस अवसर पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें सेना बीएसएफ और पुलिस के जवान भाग ले रहे हैं

श्री प्रधान ने कहा कि उद्यमशीलता को बढावा देना केन्द्र की भाजपा सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से है पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि समस्याएं हल करने के लिए भारत में प्रचुर बौद्विक क्षमता है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के गौरव हैं

श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर कानन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि माफिया के कारण आमजन को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पडती है पुलिस जिलावार सर्वे करवाकर ऐसे माफिया को चिन्हित करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए श्री गहलोत ने कहा कि इससे आमजन में पुलिस और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढेगा और उन्हें अपराध नियंत्रण में सहयोग भी मिलेगा

दोनों राज्यों को अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना से जोडा गया है

इसके लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है

विश्वविद्यालय पहली बार डीलिट की उपाधि भी प्रदान करेगा देवर्षी कलानाथ शास्त्री डॉ कर्णसिंह पत्रकार डॉ गुलाब कोठारी और प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता अनुराग कृष्ण पाठक को यह उपाधि दी जाएगी कुलसचिव ज्योति भारद्वाज ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे